पूर्ण राज्यत्व दिवस की स्वर्ण जंयती का राज्य स्तरीय समारोह बिलासपुर जिले में शहीद अश्वनी कुमार स्मारक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय झंडुता में आयोजित होगा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समारोह में ध्वजारोहण करेंगे और पुलिस व होमगार्ड के जवानों सहित एनसीसी की ट्कड़ियों की परेड का निरीक्षण करेंगे व सलामी लेंगे समारोह में परेड व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा विभिन्न विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों की झांकियां भी निकाली जाएगी

पूर्ण राज्यत्व दिवस पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है इस वर्ष का विषय है सशक्त लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता इससे वर्ष भर की गतिविधियों के माध्यम से मतदाता शिक्षा और निर्वाचन प्रक्रिया में नागरिकों के विश्वास को मजबूत करने पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा इस अवसर पर नई दिल्ली में होने वाले समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद श्रेष्ठ निर्वाचन प्रक्रियाओं से चुनाव कराने में जिला और राज्य स्तर पर उल्लेखनीय योगदान देने वाले अधिकारियों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगे इधर प्रदेशभर में भी राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर अनेक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होंगे

गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी शिमला से आज सायं सात बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारित किया जाएगा इसके तुरंत बाद राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का प्रदेशवासियों के नाम संदेश प्रसारित होगा

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने पूर्व आई जी जहूर एच जैदी की जमानत याचिका खारिज होने की खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है एसपी सौम्या के बयान के बाद सीबीआई के आवेदन पर आईजी जैदी वापस भेजे जेल दिव्य हिमाचल के अनुसार जैदी फिर भेजे जेल गवाह पर दबाव बनाने के आरोप पर सीबीआई अदालत ने रदद की जमानत दैनिक भास्कर का शीर्षक है निलंबित आई जी जैदी की जमानत कैंसिल सीबीआई कोर्ट ने जेल भेजा पंजाब केसरी के शब्द हैं पूर्व आईजीजैदी की जमानत याचिका खारिज दैनिक जागरण लिखता है हिमाचल के पूर्व आईजी जैदी चंडीगढ़ में गिरफ्तार हिमाचल दस्तक ने खबर दी है धर्मपुर से जल जीवन मिशन का आगाज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले ये पीएम की महत्वाकांक्षी योजना आपका फैसला का शीर्षक है मंडी जिले के बरोटी में खुलेगी आधुनिक आईटीआई पंजाब केसरी की एक खबर है पैट के बाद पीटीए शिक्षकों की इन्क्रीमैंट पर लगाई रोक ऊना ज़िले के दौलतपुर चौक में सैप्टिक टैंक में गिरने से अढ़ाई वर्षीय बच्ची की मौत से जुड़ी खबर भी समाचार पत्रों में प्रमुखता लिए हुए हैं

आपका फैसला प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल के हवाले से लिखता है हिमाचल भाजपा की नई टीम की घोषणा दिल्ली चुनाव के बाद